इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने उनके देश को भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति पर धन्यवाद दिया है श्री नेतन्याहू ने कल रात टवीट में कहा कि इस्राइल के सभी लोग श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को इस महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस्राइल के लोगों की कुशलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री ने बाजोल के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भी धन्यवाद दिया श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत और ब्राजील की साझेदारी और मजबूत हुई है उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी के खिलाफ मानवता के साथ खड़ा है और हर प्रकार के योगदान के लिए तैयार है इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने उनके देश को भारत की ओर से मलेरिया प्रतिरोधक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने का कच्चा माल दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया था

श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात कर मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की श्री मोदी ने इस चुनौती से निपटन में नेपाल के लोगों के संकल्प की सराहना की प्रधानमंत्री मोदी ने इस महामारी के बारे में जापान के प्रधानमंत्री शिजो आबे से भी बात की उन्होंने कहा कि विशेष रणनीति और वैश्विक भागीदारी से नयी तकनीक और समाधान निकाले जा सकते हैं जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया को फायदा होगा

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाये सील किये गये हॉट स्पॉट इलाकों में केवल मेडिकल सैनिटाईजेशन टीमों और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों को ही आवागमन की अनुमति दी जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत कोरोनटाइन की अवधि पूरी कर चुके व्यक्तियों को चौदह दिन के होम कोरोनेटाइन में भेजा जाए और उनके लिये आवश्यक रूप से राशन की व्यवस्था की जाये मुख्यमंत्री ने राशन वितरण और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के निर्देश दिये प्रदेश सरकार लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों ठला खोमचा रेहडो रिक्शा ई रिक्शा और पल्लेदार तथा अन्य सेवाएं देने वालों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है इसी कड़ी में आज उन छोटे दुकानदारों और कामगारों के खाते में एक एक हजार रूपये की रकम सरकार द्वारा डालो गई है हमारे संवादादाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी इलाके के चार लाख इक्यासी हजार से अधिक छोटे दुकानदारों के खात में ई भुगतान किया है इन लाभार्थियों में ऑटो चालक रिक्शा चालक ई रिक्शा चालक सड़क पर खोंचा लगाने वाले और मंडियों में पल्लेदारी करने वाले मजदूर शामिल है इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार उन सभी गरीबों का ख्याल रख रही है जिनकी आजिवीका लॉकडाउन से प्रभावित हुई है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत अनाज और पैसे देने के साथ ही मुफ्त सिलिंडर भी मुहैया कराया जा रहा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रदेश में अट्ठासी लाख मनरेगा श्रमिकों के मानदेय को बढ़ाकर दो सौ दो रूपया किया गया है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

बैंक के अध्यक्ष मसातसुगु असाकावा ने इस महामारी से निपटने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम समेत भारत की अन्य निर्णायक नीतियों की सराहना को उन्होंने व्यापार जगत को टैक्स और अन्य राहतें दने की भी प्रशंसा की एडीबी अध्यक्ष ने राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों महिलाओं और कामगारों को तत्काल राहत देने के लिए एक दशमलव सात लाख करोड़ के भारत सरकार के आर्थिक पैकेज की भी सराहना की

अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह अवनोश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर को आवश्यक कर दिया गया है और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं

श्री अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में बीस हजार से ज्यादा वाहन जब्त किये गये और इकतीस लाख वाहनों के चालान किये गये हैं

इन अस्पतालों में एक हजार से अधिक आइसोलेशन बिस्तरों की व्यवस्था है ये अस्पताल गुजरात हरियाणा राजस्थान जम्मू हिमाचल प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं

मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई एस आई सी ने लाभार्थियों को प्राइवेट कैमिस्टों से दवाई खरीदने की अनुमति दे दी है जिसकी भरपाई बाद में ई एस आई सी से की जाएगी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लखनऊ की एक बालिका ने भी अपना आर्थिक योगदान दिया है चिनहट की रहने वाली साक्षी यादव ने आज अपने गुल्लक की सारी जमा पूंजी ग्यारह हजार रूपये एडीसीपी लखनऊ चिरंजीवी नाथ सिन्हा को सौंप दी श्री सिन्हा ने साक्षी के योगदान और उनकी भावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह रकम प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जमा कर दी जायेगी सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती करने की खबरों और अफवाहों का खंडन किया है

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और यह अफवाहें निराधार है

इस बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारो भी उपस्थित थे